प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव में प्रदेश के तेरह संसदीय सीटों के लिये एक सौ बावन प्रत्याशी चुनावी मैदान में प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में निरन्तर तेज़ी आ रही है विभिन्न दलों के प्रमुख नेता मतदातओं का समर्थन हासिल करने के लिए देशभर में चुनावी सभाए कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक और तमिलनाडु में चुनावी रैलियों को संबोधित किया कल शाम मंगलुरू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल प्रधानमंत्री या सरकार चुनने के लिए ही नहीं है बल्कि इस बात का फैसला करने के लिए है कि इक्कीसवीं सदी का भारत कैसा हो उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे देश में सुदृढ़ सरकार के गठन में उनके हाथ मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता निष्ठा और सबका साथ सबका विकास की भावना उनकी सरकार की विशेषता रही है उन्होंने आश्वासन दिया कि मछ्आरों के कल्याण के लिए अलग से एक नये मंत्रालय का गठन किया जाएगा और मछुआरा समुदाय के लिए मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा इससे पहले तमिलनाडु में तेनी में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे ऐसे नये भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां सभी सुरक्षित संपन्न और गरिमामय जीवन जी सकें उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और विश्व में अपनी पहचान बना रहा है फ्र्वानमंत्री ने रामनाथमपुरम में भी एक रैली को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार और चित्रदुर्ग में दो रैलियों को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना में देश के सबसे गरीब बीस प्रतिशत लोगों को धन उपलब्ध कराया जाएगा श्री राहुल गांधी ने कहा कि ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को जेल नहीं भेजा जाएगा और कृषि के लिए अलग बजट लाया जाएगा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल शाहजहांपुर के कांट इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित किया श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के विकास और ग़रीबों के हित में जितना काम किया है वह पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकीं कांग्रेस और गठबंधन का जिक्र करते हये उन्होंने कहा कि यह पार्टियां सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति करती रही हैं और विकास इनके एजेंडे से हमेशा गायब रहा उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार ने देश के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और संवैधानिक हितों के संख्कण के लिये प्रभावी कृदम उठाये हैं श्री शाह ने बदायूं में विजय संकल्प रैली को संवेधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी के लिये वोट मांगा उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदायूं में गठबंधन रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की रैली को संबोधित करते हुये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुये कहा कि वह देश के किसानों नौजवानों और निर्वल वर्गो की दूरी हालत के लिये जिम्मेदार है श्री यादव ने कहा कि सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन गरीबों का गठबंधन है उन्होंने कहा कि नये भारत की संकल्पना नये प्रधानमंत्री से ही साकार होगी प्रदेश में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने अपना अपना प्रचार अभियान तेज़ कर दिया है प्रमुख नेता उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं जहां दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होने हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज प्रदेश में दो रैलियों को संबोधित करेंगे और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रधान मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ और मुरादाबाद में दो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे जिसके लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह सहित अन्य नेता नगीना आंवला अमरोहा मैनपुरी और प्रयागराज सहित अन्य जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में मतदाताओं को अपने उम्मेमीदवा के पक्ष में आकर्षषित करेंगे एम एस यादव आकाशवाणी समाचार अलीगढ़ राष्ट्र ने कल जलियांवाला नरसंहार के सौ वर्ष प्रे होने पर कल शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित किया उन्नीस सौ उन्नीस में कल के ही दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर और ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष नागरिक शहीद हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज देश और प्रदेश में ध्मधाम से मनाई जा रही है केंद्र सरकार ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज अपने सभी कार्यालयों में छट्टी घोषित की है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा है देशभर में आज औद्योगिक प्रतिष्ठान समेत केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डाक्टर भीमराव आम्बेड़कर की जयंती पर लोगों को श्मकामनाएं दी है इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज बाबा साहेब की जयंती मनायी जा रही है कई स्थानों पर बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी झॉकियों की शोभायात्राएं निकाली गयी हैं लोग बाबा साहेब की मूर्तियों और चित्रो पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापसी की अवधि खत्म होने के बाद राज्य में तेरह संसदीय क्षेत्रों में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं चौथे चरण में जिन सीटों के लिये आगामी उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे उनमें शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर शामिल है चौथे चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव भाजपा नेता रामशंकर कठेरिया सत्यदेव पचौरी और कांग्रेस के श्रीप्रकाश जायसवाल के राजनैतिक भविष्य का फैसला होगा इस बीच पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है और अट्ठारह अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं जबकि इस चरण में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख बाईस अप्रैल नियत की गई है पांचवें चरण का मतदान छह मई को होगा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नौ उम्मीदवारों की एक और सूची कल जारी कर दी हमारे संवाददाता ने बताया कांग्रेस ने राज्य में नौ और उम्मीदवारों की घोषणा की रामारांकर भार्गव के स्थान पर मोहनलालगंज में आरके चौधरी पार्टी के नए उम्मीदवार होंगे एम एस यादव आकाशवाणी समाचार अलीगढ़ इसमें बस्ती संसदीय सीट से राजकिशोर सिंह सलेमप्र से राजेश मिश्रा भदोही से रमाकांत यादव गोण्डा से कृष्णा पटेल जौनप्र से देवव्रत मिश्रा गाजीपुर से अजित प्रताप कुशवाहा चन्दौली से शिवकान्य कुशवाहा अम्बेडकरनगर से उम्मेद सिंह निषाद और मोहनलाल गंज से आरके चौधरी

प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तथा सामाजिक भलाई हेत् सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित गोरखपुर मण्डल में लोकसभा सामान्य निर्वाचन दो हजार उन्नीस के तैयारियों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गांव में जाकर मतदाताओं से अधिकारी गण संवाद स्थापित करें तथा मतदान के प्रति जागरूक करें इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम बार मतदाता बने पांच मतदाताओं को वोटर कार्ड वितरित किया मतदान के प्रति जागरूकता के लिए एक वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया राम नवमी का पर्व कल प्रदेश भर में आस्था और श्रद्वापूर्वक मनाया गया राम नगरी अयोध्या में राम नवमी की धूम रही नगर के सभी मंदिरों में रामजन्मोत्सव श्रद्दा भाव के साथ मनाया गया जौनपुर में रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने रामनवमी और नव वर्ष के पावन अवसर पर रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली शोभा यात्रा में शामिल पालकी में विराजमान भगवान श्रीराम का सजा हुआ रथ लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना रहा रामनवमी के अवसर पर हमीरपुर में भी मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई